इस निर्णय से निजी बैंकों के ग्राहकों को होगी सुविधा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

प्रधानमंत्री ने एकल उपयोग प्लास्टिक उन्मुलन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की उन्होंने जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों विशेष रूप से युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया बैठक में आठ परियोजनाओं एक योजना से संबंधित शिकायत सहित कुल दस विषयों की समीक्षा की गई

बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ परियोजनाओं के निष्पादन में देरी पर चिंता जताई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मुद्दों को समयबद्ध तरीके और मिशन मोड में हल करें

इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं पेंशन भुगतान और लघू बचत योजनाएं शामिल हैं इससे पहले कुछ ही निजी बैंकों को इस तरह के लेन देन करने की इजाजत थी सरकार के इस कदम से निजी बैंको के ग्राहकों को सुविधा होगी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहक सेवाओं के स्तर तथा दक्षता में बढोत्तरी होगी पाबंदी हटाने के बाद रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी कामकाज के लिए प्राधिकृत कर सकता है

आइये सुनते हैं खिलौना मेला पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संदेश अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उददेश्य भारतीय खिलौना उदयोग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सदन के भीतर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक बहस के लिए सब तैयार हैं उन्होंने यह भी कहा कि जो लंबित आश्वासन हैं उसे कम करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है साथ ही सदन में उठे सवालों का जवाब सही और समय पर देना सरकार और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेवारी है वहीं कोरोना संकमण को देखते हुए सदन के संचालन को लेकर कई एहतियात बरते जा रहे हैं विधान सभा सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि बिना कोरोना जांच कराये कोई भी विधायक बजट सत्र में शामिल नहीं हो पायेंगे

पत्रकारों को भी बिना कोविड टेस्ट कराये प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है गौरतलब है कि देश के कई स्थानों पर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं झारखंड में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है

झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है एक साल से यहां सभी सूचना आयुक्त के पद रिक्त हैं इधर कार्मिक विभाग ने मुख्य सुचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए फिर से आवेदन प्रकाशित किया है नियुक्ति प्रकिया में कई अधिकारी और पत्रकार भी आवेदन कर रहे हैं बता दें कि आयोग में सूचना आयुक्त नहीं होने से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लोगों को सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह टीका दस हजार सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क लगाया जायेगा जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों में लगाये जाने वाले टीकों की कीमत लोगों को देना होगा

इन पंचायतों के कुछ मोहल्लों में पिछले दिनों किरासन तेल जलाने के क्रम में विस्फोट के अलग अलग मामले आये थे इस घटना में मृत लोग और घायलों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और आर्थिक सहयोग भी किया उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सरकारी स्तर पर करने का भरोसा दिया मंत्री ने मृतकों को मुआवजा देने का भी भरोसा दिलाया ज्ञात हो कि पूर्व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी अमनारी एवं चुटियारो का दौरा किया था और उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले में सक्रियता दिखाने का आग्रह किया था

सरायकेला खरसावां जिले के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा इस संबंध में आयोजित बैठक में समेकित जनजाति विकास अभिकरण के निदेशक अरुण वाल्टर सांगा ने कहा कि कुछ छात्रों का बैंक खाता अभी तक नहीं खुल पाया है उन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को छूटे हुए छात्रों का बैंक अकाउंट खोलवाने का निर्देश दिया ताकि शत प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति बैंक अकााउंट के माध्यम से भुगतान किया जा सके बता दें कि कक्षा एक से लेकर सभी एसटी एससी एवं पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को मार्च तक का छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना है सरायकेला खरसावां जिले में नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल से वोटर कार्ड मोबाइल या लैपटॉप पर डाउनलोड करने की शुरुआत की गई है जिला समाहरणालय में उपायुक्त अरवा राजकमल ने ई इपिक डाउनलोड सेंटर का फीता काट कर उदघाटन किया उन्होंने कहा कि मतदाता के पास यदि वोटर कार्ड की कोई कॉपी या इपिक नंबर है तो इसके सहारे सीएससी ग्राहक सेवा केन्द्र से भी अपना वोटर कार्ड डाउनलोड करवा सकते हैं वोटर लिस्ट में सुधार का यह एक अच्छा कदम है इसके अलावा नए मतदाता सूची में नाम दर्ज करने या शिफ्टिंग में भी आसान होगा

महिला का शव जंगल से बरामद किया गया है महिला जंगल में लकड़ी चुनने गई थी पुलिस ने दुष्कर्म के बाद हत्या की संभावना जताई है इसी थाना क्षेत्र में बालू उठाव को लेकर पहले भी हत्या हो चुकी है सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में श्रीनाथ बीएड कॉलेज ऑफ एजुकेशन में झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से निःशक्त बच्चों के लिए कल प्रधानाध्यापकों का उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया शिक्षा पदाधिकारी सच्चिदानंद ने निःशक्त बच्चों दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी

इसमें राज्य के सभी जिलों के युवा शामिल हो सकते हैं शारीरिक परीक्षा के बाद चिकित्सा जांच और लिखित परीक्षा भी होगी भर्ती प्रकिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज और एडमिट कार्ड लाना होगा साथ ही दो दिन पूर्व तक प्राप्त कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा

इधर सूरज कुमार दुबे की हत्या मामले को आत्महत्या बताए जाने पर परिजनों ने आपत्ति दर्ज की है